मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिये देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है

प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि से कर्नाटक में मंगलूरु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए आज यह बात कही

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री साम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक के आरंभ में आंदोलन के दौरान जीवन गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया श्री तोमर ने कहा कि पिछली बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले दिमाग से किसानों के मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को इसके निराकरण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर खंडवार चर्चा करें लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे श्री तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आठ जनवरी शुक्रवार को फिर से बैठक करने का फैसला किया है सरकार और यूनियन दोनों की रजामन्दी के कारण ही आठ तारीख की बैठक तय हुई है इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता दूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे

उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए

गौरतलब है कि आज सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सिनेशन का ड्राई रन आयोजित किया गया हर जनपद के तोन ग्रामीण और तीन शहरी क्षेत्रों में ड्राई रन की कार्रवाई सम्पादित की गई

उन्होंने कहा कि कान्टैक्ट ट्रेसिंग कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न किया जाये और सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय और सुदृढ़ बनाये रखा जाये प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों द्वारा ई संजीवनी एप का उपयोग करने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एप के द्वारा ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जनपदों में सरकारी भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि विद्यालय अस्पताल या अन्य सरकारी इमारत जर्जर अवस्था में संचालित पाई जाये तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इसका संचालन अनयंत्र करते हुए जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री न शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित बेसिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों और डिग्री कालेजों के भवनों का भी गहन निरीक्षण किया जाये और उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये

उन्होंने कहा कि धान खरीद लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी धान खरीद का कार्य लगातार जारी रखा जाये उन्होंने कहा कि किसान कल्याण मिशन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया जाये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में विगत रविवार को हुई दुर्घटना के मामले में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के अन्तर्गत कर्रवाई के भी निर्देश दिये हैं निर्माण कार्य से सरकारी धन की हुई नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं से की जायेगी गौरतलब है कि मुरादनगर में एक शमशान घाट की छत ढह जाने से वहां उपस्थित लोगों में से पच्चीस की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये थे इस मामले में मेरठ के मंडलायुक्त और अपर पुलिस महानिदेशक को जांच की रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है उधर इस मामले में वांछित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों को नये साल का उपहार देते हुए उनके मानदेय की धनराशि बढ़ाकर बारह हजार रूपये कर दी है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मानदेय में वृद्धि का लम्बे समय से इंतजार किया जा रहा था और यह बढ़ोत्तरी दस साल बाद हुई है इस निर्णय के अनुसार अब मेडिकल के इन छात्रों को साढ़े सात हजार रूपये के स्थान पर बारह हजार रूपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा प्रदेश में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए कल से किसान कल्याण मिशन के रूप में अभियान शुरू किया जायेगा इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश भेजे जा चुके हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत होने वाली गोष्ठी प्रदर्शनी और मेला प्रत्येक विकास खंड में कल से शुरू होकर अगले तीन सप्ताह तक चलेंगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में ब्धवार को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकास खंड में इनका आयोजन होगा उन्होंने कहा कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे विकासखंड आच्छादित नहीं हो जाते

उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकाल और इसके संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये

प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट छियान्नबे दशमलव चार नौ प्रतिशत है इस समय राज्य में कोरोना के बारह हजार दो सौ छियासी सक्रिय मरीज हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में आठ हजार चार सौ तैंतीस कोरोना से मौतें हुई हैं और कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में दो करोड़ पैंतालिस लाख चौरान्नबे हजार आठ सौ इकहत्तर करोना की जांचे की गई हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में आज लखनऊ में निजो विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई